मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा रक्षा प्रदर्शनी के आयोजन से पचास हजार न् करोड़ रूपये से अधिक का होगा निवेश तीन लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रयागराज कुंभ में माधी पूर्णिमा का पवित्र स्नान आज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि श्रीलंका सरकार अपने यहां तमिल समुदाय की समानता न्याय शांति और सम्मान की आकांक्षाओं को समझेगी कल नई दिल्ली में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्ष से बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री नरेन्द्र मोदी ने ये बात कही री कन्सीलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार युनाईटेड श्रीलंका के भीतर समानता न्याय शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रीलंका में स्थिरता सुरक्षा और समृद्धि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे हिन्द महासागर क्षेत्र के हित में है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी शांति और खुशहाली के लिए हमारा घनिष्ठ सहयोग बहुमूल्य है हमारी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ सबंधों को एक विशेष प्राथमिकता देते हैं दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय किया है दोनों प्रधानमंत्रियों ने सभी आपसी मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जिसमें व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना शामिल था मछेआरों के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि दोनों पक्ष इससे निपटने में मानवीय पहलू का ध्यान रखेंगे श्री राजपक्ष पांच दिन की भारत यात्रा पर गुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे

वो वाराणसी सारनाथ बौद्धगया और तिरूपति सहित अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जायेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पांच फरवरी से गुरू हुए डिफेंस एक्सपो का कल समापन हो गया

रक्षामंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ रक्षा उत्पाद को बड़े पैमाने पर निर्यात करने में भी सक्षम बनेगा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नये हब के रूप में विकसित करने में सफल होगा हमारा देश न केवल डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन का बड़े पैमाने पर यह एक्सपोर्ट भी करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में डेफ एक्सपो का एक बड़ा कन्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा समापन समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिफेंस एक्सपो से पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश होगा जिसमें तीन लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुजित होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस एक्सपो के सफल आयोजन से डिफेंस कॉरिडोर के लिये व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तेइस ऐसे एमओयू हुए हैं जिनमें पचास हजार करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव हमें इस अवसर पर प्राप्त हुए हैं और मेरा अनुमान है कि पचास हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव का मतलब उत्तर प्रदेश के अन्दर ढाई से तीन लाख युवाओं के लिए सीघे सीघे नौकरी और रोज़गार की संभावनाओं को विकसित करना मुख्यमंत्री ने कहा कि चालीस देशों के रक्षामंत्री सत्तर देशों की सहभागिता के साथ तीन हजार से अधिक विदेशी प्रतिनिधि एवं देश से एक हजार से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन के सहभागी बने

महत्वपूर्ण बात है कि हमारे प्रदेश के प्रसेप्शन के बारे में देश और दुनिया को जानकारी भिली पहली बार चालीस देशों के रक्षामंत्री सत्तर देशों की सहभागिता के साथ तीन हजार से अधिक फॉरेन डेलिगेट्स किसी आयोजन में सहभागी बने दस हजार से अधिक डेलिगेट्स पूरे देश से इस आयोजन में सहभागी बने और मेरा अनुमान है कि कल तक पूरे आयोजन में लखनऊ और प्रदेश के बारह लाख से अधिक लोग सहभागी बनने जा रहे हैं इस आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कराने के लिये केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस आज दोपहर बाद तक आम जनता के लिए खुली रहेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्तीस फरवरी को बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे राज्य के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने यह जोनकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए सारी औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जायेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में नोवेल कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है और इसकी नियमित रूप से दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर नये वीजा प्रतिबंध और सलाह जारी की गई है इस बीच सरकार ने सभी बारह प्रमुख बंदरगाहों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जांच और संक्रभित लोगों को अलग थलग रखने की व्यवस्था करने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने राज्य सभा को बताया कि सरकार ने देश में संक्रमण रोकने के कई अन्य उपाय भी किये हैं प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर प्रमुख स्नान पर्वो में से एक माधी पूर्णिमा पर आज वहां भारी संख्या में श्रद्धालू संगम तथा गंगा नंदी के विभिन्न घाटो पर स्नान कर रहे हैं पौधा पूर्णिमा के दिन श्रारू हुए पहले स्नान पर्व से एक महीने का कल्पवास कर रहे श्रद्वालुओं का कल्पवास आज समाप्त हो रहा है माधी पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्वालू आज ही से अपने अपने घरो को रवाना होंगे आज ही संत रविदास की जयंती भी मनायी जा रही है उनकी जन्म स्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में भक्तों की भीड उमड़ पड़ी है

गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में भी जयंती पर विशे कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कल रा ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें बैंकिंग दूर्घटना श्रम तथा फौजदारी और दीवानी से संबंधित वादों का निस्तारण किया गया गाजीपुर में आयोजित लोक अदालत में राजस्व से संबंधित एक हजार से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया जौनपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित लोक अदालत में तीन हजार से अधिक वाद संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में निस्तारित किये गये बिजनौर में जिलाधिकारी की उपस्थिति में एक सौ इकसठ मामलों का निस्तारण किया गया